बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है छब्बीस जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी इस दौरान सरकार शराबबंदी संशोधन विधेयक समेत पांच महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जायेगा सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं विपक्ष कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राजद सत्र के दौरान सकारात्मक रूख रखेगा पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद श्री यादव ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जायेगा इधर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जायेगा इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सीमेंट के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुये इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालने की तैयारी की जा रही है श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र के इस कदम से सीमेंट कंपनियों के मनमाने रवैये पर रोक लगेगी लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में सीमेंट का बोरा तीन सौ अस्सी रूपये का है जबकि कुछ राज्यों में दो सौ दस रूपये का है उन्होंने कहा कि सीमेंट की दरों के बारे में एक स्पष्ट नीति की जरूरत है केंद्र सरकार ने व्हाट्स ऐप को फेक न्यूज यानी फर्जी समाचार की समस्या से निपटने के कारगर उपाय करने के लिए एक और नोटिस भेजा है कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अफवाहों के प्रसार के लिए प्रयुक्त माध्यमों को भी उकसाने वाला माना जाएगा और मूक दर्शक बने रहने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्हाट्स ऐप कंपनी से अधिक विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विभागवार आरक्षण लागू करने के दिये गये फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के कारण यह फैसला किया गया है प्रदेश के शिक्षकों के कार्यों की निगरानी अब शिक्षा विभाग के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी करेगा केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य से सभी शिक्षकों का डाटाबेस तैयार कर उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दिया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों से शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग को अगले दो सालों के अंदर सभी ग्रामीण पथों का ग्रणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत के लिये विभाग की मांग को मंजूर करते हुये दो महीने के भीतर रख रखाव का काम शुरू करने को कहा श्री कुमार ने पथों के रख रखाव के लिये नई नीति बनाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों की तरह पूल पूलियों के रख रखाव के लिये नई नीति बनायी जायेगी पूल निर्माण निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान श्री यादव ने कहा कि पिछले पंद्रह सालों में सत्रह सौ पुलों का निर्माण किया गया है

श्री यादव ने बताया कि सोन नदी पर बन रहे दाउदनगर नासरीगंज पुल और गंडौल बिरौल पुल पर इस साल से आवागमन शुरू हो जायेगा राज्य सरकार ने कहा है कि डीसी बिल जमा नहीं करने वाले जिलों का हर मद में आवंटन रोक दिया जायेगा गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने अठारह जिलों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द डीसी बिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है प्रदेश के अठारह जिलों ने वित्तीय वर्ष दो हजार दो तीन से लेकर दो हजार सोलह सत्रह तक का डीसी बिल अभी तक महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है मौसम विभाग ने बाईस जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना जतायी है मौसम वैज्ञानिक शुभेंदु सेन गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसके कारण अगले दो तीन दिनों में राज्य में भी बारिश के अनुकूल वातावरण बनने की उम्मीद है अगले अड़तालीस घंटों के दौरान कहीं कहीं स्थानीय कारणों से हल्की बारिश हो सकती है इधर तेज धूप और वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है अधिकांश जगहों का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कम बारिश के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति को लेकर आज पटना में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है गौरतलब है कि इस बार प्रदेश में समान्य से औसतन तिरेपन प्रतिशत कम बारिश होने के कारण छब्बीस जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कम बारिश के चलते धान की रोपनी बुरी तरह प्रभावित हुयी है भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद मुनव्वर का देर रात सिल्लीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे चौवन वर्ष के थे मोहम्मद मुनव्वर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सिल्लीगुड़ी इकाई में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे उन्होंने अपनी सरकारी सेवा की शुरूआत आकाशवाणी पटना से सहायक समाचार संपादक के रूप में की थी मोहम्मद मुनव्वर के निधन के पर अनेक बुद्धिजीवियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है गोपालगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में दो करोड़ चौवन लाख रूपये के कृषि गोल्ड लोन फर्जीवाड़े में तीन मुख्य शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है वहीं बैंक के क्षेत्रीय पदाधिकारी समेत आठ कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गयी है आरोप है कि बैंक की शाखा में नकली सोना जमाकर दो हजार पंद्रह से अठारह के बीच ऋण की राशि का वितरण किया गया इधर मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से सत्तासी लाख रूपये गबन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है शिक्षा विभाग ने आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को दसवीं और बारहवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है प्रदेश के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की छब्बीस जुलाई को अंतिम बैठक होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है इस बैठक के बाद ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जायेगी श्रम संसाधन विभाग ने तमिलनाडु के ईरोड में बंधक बनाये गये वैशाली जिले के नौ श्रमिकों को मुक्त करा लिया है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि पटना नालंदा लखीसराय और जमुई जिले में जल्द ही दलहन फसलों की सरकारी स्तर पर खरीद की जायेगी राज्य सरकार ने आंधी तूफान को आपदा में शामिल करने का फैसला किया है इसके अलावा नहर में ड्बने वाले के आश्रितों को भी आपदा प्रबंधन कोष से सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है अभी तक नदियों तालाबों और गड्ढों में डूबकर मरने वालों को ही मुआवजे की राशि मिलती थी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मारपीट करने के मामले में एमबीबीएस के पांच और छात्रों को निलंबित कर दिया गया है इससे पूर्व बुधवार को एंटी रैगिंग कमिटी ने इसी मामले में दस छात्रों को निलंबित किया था जहानाबाद समाहरणालय परिसर से शराब पीने के आरोप में एक कनीय अभियंता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर पटना से झारखण्ड पुलिस के एक जवान को शराब तस्करी के अरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है नीट के लिये जिलों में ही होंगे केंद्र जावड़ेकर दैनिक जागरण की सुर्खी है अविश्वास प्रस्ताव को सरकार बनायेगी राजनीतिक हथियार दैनिक भास्कर ने कालेधन पर गठित एसआईटी के सुझाव को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है बीस लाख की जगह एक करोड़ तक नकदी रखने की छूट दे सरकार प्रभात खबर लिखता है खरीफ मौसम में फसल सहायता योजना लागू एक प्रतिशत फसल क्षति पर भी मिलेगा मुआवजा राष्ट्रीय सहारा की खबर है अब नहीं बचेंगे भगोड़े आर्थिक अपराधी आज की सुर्खी है विशेष दर्जे की मांग को लेकर पप्पू यादव ने लोकसभा में किया हंगामा अखबारों ने गीतकार गोपाल दास नीरज की मौत से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है